स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस संबंधित जानकारी के लिए चौबीसो घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर एक शून्य सात पांच जारी किया सुल्तानपुर में एक बस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत पांच अन्य गम्मीर रूप से घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोविड नाइन्टीन के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान साझा करने को कहा है ट़वीट कर श्री मोदी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के लिए बहत से लोग प्रौद्योगिकी संचालित समाधान साझा कर रहे हैं उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इसे नागरिकों से जुड़े प्लेटफॉर्म माई जी ओ वी पर साझा करें माई जी ओ वी ने एक बयान में कहा है कि लक्षण का पता लगाने के लिए समाधान बायो इन्फोर्मेटिक्स डेटाबेस और एप्लीकेशन कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है इसमें कहा गया है कि माई जी ओ वी पर डाले गए समाधान का मूल्यांकन किया जाएगा और चयनित समाधान के निर्माताओं को पुरस्कृत किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कोविड नाइन्टीन को बढने से रोकना सुनिश्चित करने के लिए कई विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे उन्होंने कहा कि चिकित्सक नर्से और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के लिए प्री क्षमता से काम कर रहे हैं उनके इस योगदान की हमेशा प्रशंसा की जायेगी केंद्र ने देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न रिथिति के कारण स्कूल कॉलेज जिम संग्रहालय तरणतालों सिनेमाघरों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को इकत्तीस मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है इस संबंध में एक परामर्श राज्य सरकारों को भेजा गया है विद्यार्थियों को भी घर में ही रहने की सलाह दी है इस बीच केरल ओडिसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चार नए मामले सामने आने के साथ ही देश में इस वायरस के एक सौ चौदह मामलों की प्रष्टि हई है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की लव अग्रवाल ने कहा कि गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए और निजी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा देनी चाहिए उन्होंने बताया कि क्छ देशों से भारत के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है

कोई भी एयरलाइन इन देशों से यात्रियों को भारत नहीं भेजेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड नाइन्टीन से घबराएं नहीं बल्कि जरूरी सावधानी बरतें श्री योगी कल राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य भवन में राज्य संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सरकार समी ऐहतियाती कदम उठा रही है श्री योगी ने कहा कि सरकार चौबीस घंटे कोविड नाइन्टीन से संबंधित मामलों की निगरानी कर रही है उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में स्थापित हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक स्थायी कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया श्री योगी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में जनसहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एहतियातन बाइस मार्च तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बन्द रखने का फैसला किया है सभी जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं मुख्यमंत्री ने मास्क और सैनेटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरूद्व सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये हैं प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिये एक हेल्यलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्यारह जिलों में समी मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर और क्लबों को बन्द रखने के निर्देश दिए हैं इनमें गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद लखनऊ आगरा और भारत नेपाल सीमा से लगे सात जिले पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्वार्थनगर और महराजगंज शामिल हैं मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे श्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने जिलों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने समी जनपदों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संबंधित सभी मामलों का गहनता के साथ निरीक्षण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर और हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कल हरदोई ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कछौना के गौरी ख़ालसा गांव में जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया वहीं शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कल मेडिकल कॉलेज में की गई तैयारियों का निरीक्षण किया साथ ही कोरोना वायरस के लिए बनाने गये आइसोलेशन वार्ड में सुविधाओं को परखा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इटावा सफारी पार्क को एहतियातन तेईस मार्च तक बंद कर दिया गया है इटावा सफारी पार्क के निदेशक वीके सिंह ने कल इसकी जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने अपना खोया गौरव एक बार फिर से प्राप्त किया है श्री योगी ने कल एक निजी समाचार चैनल के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न योजनाओं को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और अपराध में कमी आयी है इससे राज्य में बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षो में प्रदेश और तेज गति से विकास करेगा श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियां की गयी हैं प्रदेश पुलिस में एक लाख सैंतीस हजार भर्तियां की गयी हैं एक जनपद एक उत्पाद योजना से भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है उच्चतम न्यायालय ने कल निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका स्वीकार करने से इन्कार कर दिया अपनी याचिका में मुकेश ने यह आरोप लगाते हुए कानूनी उपचार बहाली की मांग की थी कि उसके पूर्व वकील ने कागजों पर उससे जोर जबर्दस्ती दस्तखत कराए थे भारत नेपाल को तीन नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए दस करोड़ सत्तर लाख नेपाली रुपये देगा

सुल्तानपूर जिले में कल रात एक अनियंत्रित बस ने चौदह लोगों को क्चल दिया जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई जबकि बारह अन्य घायल हो गये घायलों में से पांच की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है दुर्घटना जनपद के टांडा बांदा मार्ग पर मोतीगंज बाजार के पास हुई पुलिस ने बताया कि दो वाहनों की टक्कर के बाद कुछ लोग सड़क किनारे राहत और बचाव कार्य में जुटे थे कि एक अनियंत्रित वॉल्वो बस ने भीड़ को अपनी चपेट में ले लिया जिलाधिकारी सी इंदुमती ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने मृतकों और घायलों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन दिया